कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को अन्य लाभ भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है बाइट दस लाख आशा वर्कर्स को उनका जो मानधन था उसमें दुगुनी वृद्धि की एक हजार से दो हजार रुपये किये उनको अन्य सुविधाएं देने का भी निर्णय हुआ है और लगभग पांच लाख गांवों में जन आरोग्य योजनाओं की कमेटियां बनी वेलनेस सेंटर इक्कीस हजार बने हैं चालीस हजार इस साल में बनेंगे मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि जारी किए जाने के बारे में आधार संबंधी विवरण की अनिवार्यता में भी छूट दी है

सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आये विस्थापित कश्मीरी परिवारों के लिए राहत पैकेज की भी मंजूरी दी है

केन्द्र सरकार ने रेडियो और टेलीविजन क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते का भी अनुमोदन किया है इन समझौतों से लोक प्रसारक को नई प्रौद्योगिकी चुनौतियों और कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध आज हटा लिया गया है यह प्रतिबंध दो अगस्त से लगाया गया था यह कदम इस सप्ताह के शुरू में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निर्णय के बाद उठाया गया है प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर घाटी घूमने जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ही कश्मीरी पंडितों की अपेक्षाएं पूरी कर सकती है जम्मू में कल कश्मीरी पंडित सभा में पत्रकारों को पंडित प्रेमनाथ भट्ट पुरस्कार प्रदान करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए

उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार जो भी फैसला लेगी वह उनके हित में होगा

इसी तरह कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का काम भी उनकी आशा के अनुरूप किया जाएगा जीवन बीमा निगम एलआईसी ने सोशल मीडिया के दावों का खंडन करते हुए अपने पॉलिसी धारकों को उनका धन सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है एलआईसी के भारी घाटे में चलने की खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण आया है एलआईसी ने एक बयान में कहा कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं तथा निगम की छवि बिगाड़ने और निवेशकों में भय पैदा करने के उद्देश्य से फैलायी जा रही हैं निवेशकों को आश्वस्त करते हए निगम ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है

योजना का उद्देश्य बिना किसी खर्चे के सभी महिलाओं और नवजात शिश्रओं को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय परिषद के तेरहवें सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार विश्व स्वास्थ्य मानक को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने बताया कि हाल क सर्वेक्षण के अनुसार देश में अंधत्व के मामलों की संख्या में काफी कमी आई है उन्होने कहा कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य को भी कुछ प्राथमिकता दे रही है

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने निर्देश दिये कि प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाली जनपदवार सूची बैंक एकाउंट नम्बर सहित यथाशीघ्र प्राप्त कर ली जाये जिससे पुरस्कार की राशि उनके खाते में हस्तांतरित करायी जा सके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

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बंगलूरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय में ध्रुव योजना का शुभारंभ किया इस अनूठे कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी

इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा और सचिव रीना रॉय भी इस अवसर पर मौजूद थीं ध्युव कार्यकम ने हमारे युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है

राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आवश्यकतानुसार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निदेश दिये हैं मुख्य सचिव राजेन्द तिवारी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी एक सप्ताह में अपने अधीनस्थ मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार दवाओं की उपलब्धता और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जायें साथ ही उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए यथाशीघ्र दस दिन के अन्दर स्थल चयन करने के भी निर्देश दिये प्रदश में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के अन्तर्गत सोलह लाख से अधिक बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते प्रदेश में खोले जा चुके है अकेले लखनऊ परिक्षेत्र में पांच सौ छियत्तर गांवों को सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि गांव बनाया गया है राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अन्तर्गत आज लखनऊ स्थित चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय में बैंकिंग दिवस के आयोजन अवसर पर इस बात को जानकारी निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी है उन्होंने बताया कि देश में डाकघरों में छत्तीस करोड़ बावन लाख ग्राहकों के खाते संचालित हैं यानी हर चौथे व्यक्ति का डाकघर में खाता है उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ सत्तान्नबे लाख खाते संचालित हैं श्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी जन सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी डाक घरों के माध्यम से निवश किया जा सकता है

भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों के नता प्रचार अभियान में भाग ले रहे हैं

चित्रकूट जनपद में मानिकपुर सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी आनंद शुक्ला के पक्ष में पदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह सपा प्रत्याशी डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल के पक्ष में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभाएं कीं उधर रामपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता के पक्ष में सपा प्रत्याशी तंजीम फातिमा के पक्ष में पार्टी नेता आजम खां ने प्रचार किया जिन सीटों के लिये उप चुनाव होने हैं वे हैं सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इग्लास सुरक्षित सीट लखनऊ कैंट कानपुर की गोविंदनगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर सुरक्षित सीट अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा सुरक्षित सीट और मऊ जनपद की घोसी सीट

गोष्ठी में जहां कृषक वैज्ञानिक संवाद के जरिये कृषि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किया गया वहीं रबी फसल के उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी जानकारी जैविक खेती करने उन्नतिशील बीजों का प्रयोग के साथ फसल अवशेष न जलाने के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी और विवरण हमारे प्रतिनिधि से डिस्पैच उप कृषि निदेशक जितेन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि सभी किसानों को अपने नाम योजना में पंजीकरण कराने के साथ इसे आधार कार्ड नम्बर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया था उसके बगैर किसानों को योजना का पैसा न देने का फैसला किया गया था

योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत किसानों को प्रथम दूसरी या तीसरी किस्त जो भी बकाया होगी वह दी जायेगी

रबी सीजन के पहले किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी